इन सीटों पर सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक वोट डाले जाएंगे हालांकि गरियाबंद जिले में स्थित बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दो मतदान केंद्रों आमामोरा और मोढ़ मे मतदान सुबह सात बजे से शुरू होकर दोपहर तीन बजे तक चलेगा भारत निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी जरूरी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली में इस चरण के लिए कुल उन्नीस हजार तीन सौ छत्तीस मतदान केन्द्र बनाए गए हैं इन विधानसभा क्षेत्रों में एक सौ उन्नीस महिलाएं सहित एक हजार उनयासी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं दूसरे चरण में एक करोड़ चौवन लाख से अधिक मतदाता है इनमें से छिहत्तर लाख छियालिस हजार से अधिक महिला मतदाता और आठ सौ सतहत्तर तुतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि कल होने वाले मतदान के लिए चौरासी हजार से अधिक मतदान कर्मियों की तैनाती की गई है इनमें से लगभग आधे मतदान कर्मी आज मतदान केंद्रों में पहुंच गए हैं कुछ मतदान दलों को हेलिकाप्टर से भी भेजा गया है श्री साहू ने बताया कि दूसरे चरण में दो हजार एक सौ बारह मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जायेगी जिससे भारत निर्वाचन आयोग इन मतदान केंद्रों पर सीधे नजर रख सकेगा जिन भवनों में तीन या इससे अधिक मतदान केंद्र है वहां अलग से एक वोटर असिसटेंस बूथ भी बनाया जा रहा है इसके अलावा निर्वाचन आयोग के सी टॉप्स एप्लीकेशन के जरिये मतदाता पोलिंग ब्रथों में लगी कतार की भी जानकारी ले सकेंगे

केन्द्रीय सशस्त्र बल और पुलिस की साढ़े छह सौ से अधिक कंपनियां तैनात की गई हैं श्री साहू ने मतदाताओं से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है उल्लेखनीय है कि प्रदेश मे दो चरणों में चुनाव हो रहे हैं प्रथम चरण में अट्ठारह सीटों के लिए बारह नवंबर को मतदान हुआ था प्रदेश में कुल नब्बे विधानसभा क्षेत्र हैं पहले और अंतिम दोनों चरणों के मतों की गिनती ग्यारह दिसंबर को होगी संगवारी मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के दूसरे और अंतिम चरण में कल बहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे इस चरण में महिला मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी निर्वाचन आयोग ने महिलाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में एक सौ अट्ठारह संगवारी मतदान केन्द्र बनाए हैं इनमें सभी महिला कर्मचारी तैनात होंगी सेल्फी जोन प्रदेश में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र में मतदाताओं के लिए वोटर सेल्फीजोन बनाया गया है मतदान करने के बाद मतदाता अपने बायें हाथ की तर्जनी उंगली में निशान लगे स्थिति में वोटर सेल्फी जोन के पोस्टर के साथ सेल्फी लेकर भेज सकते हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केन्द्र में ली गई सेल्फी को मतदाता ईपिक नम्बर और विधानसभा क्षेत्र के नाम के साथ अपने फेसबुक और टिवटर पर टैग करने के साथ ही ई मेल भी कर सकते हैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से पांच उत्कृष्ट सेल्फी का चयन कर उन्हें आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा मतदाता पहचान पत्र विधानसभा चुनाव में मतदान केन्द्रों पर मत डालने से पहले सभी मतदाताओं को अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा यदि किसी मतदाता के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र न हो तो उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य किए गए बारह वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा वैकल्पिक फोटो पहचान के लिए पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केन्द्र सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र बैंक और डाकघर पासबुक पैन कार्ड स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड स्वास्थ्य बीमा कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज फोटो मतदाता पर्ची सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं निर्वाचन आयोग जब्ती प्रदेश में विधानसभा चूनाव के दौरान अवैध राशि शराब और अन्य वस्तुओं के गैर कानूनी परिवहन तथा अवैध कारोबार के खिलाफ निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेर प्रदेश में सघन जांच अभियान लगातार जारी है प्रदेश में अब तक तेरह करोड़ रूपए से अधिक की अवैध वस्तुएं जब्त की गई हैं इनमें लगभग साढ़े चार करोड़ रूपए नकद राशि शामिल है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पिता के नाम से एक फर्जी खबर प्रसारित करने के मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है साथ ही फेसब्रक को भी इस संबंध में लिखा गया है वहीं कांग्रेस के एक पदाधिकारी के नाम से फर्जी लेटर हेड पर जारी एक कथित पत्र मामले में भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है दोनों मामलों में पुलिस कार्रवाई कर रही है इसके अलावा उन्होंने एक समाचार पत्र में जारी इस खबर को प्ररी तरह से निराधार बताया कि किसी विशेष राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मतदाताओं द्वारा डाले गये वोट को वीवीपैट के जरिये देख सकते हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि ईव्हीएम के जरिये डाले गये वोट को मतदाता के अलावा कोई भी नहीं देख सकता यह प्री तरह से गोपनीय होता है और इसकी गोपनीयता भंग करने पर तीन महीने की सजा का प्रावधान है जवान शहीद माओवादी मुठभेड़ गिरफ्तार सुकमा जिले में कल माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में घायल हुए तीन जवानों में से एक जवान की मौत कल शाम रायपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई शहीद जवान के शव को आज हेलीकॉप्टर से सुकमा ले जाया गया जहां पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर ने सलामी दी वहीं इसी जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि केरलापाल क्षेत्र में सुरक्षा बलों की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी

उधर बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक महिला सहित दो माओवादियों को गिरफ्तार किया ळें देवउठनी एकादशी देवउठनी एकादशी का पर्व आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है प्रदेश में इसे जेठौनी और छोटी दीपावली के रूप में भी जाना जाता है इस मौके पर घरों में तुलसी और भगवान शालीग्राम का प्रतिकात्मक विवाह रचाया जा रहा है इस विवाह के लिए घर घर में गन्ने का मंडप बनाया गया है घरों को दीये और आकर्षक रोशनियों से सजाया गया है ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु लंबी नींद से जागते हैं और इसी के साथ विवाह जैसे आयोजनों के लिए शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हें विश्व शौचालय दिवस आज विश्व शौचालय दिवस है यह वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दि विकास लक्ष्य संख्या छह का उद्देश्य वर्ष दो हजार तीस तक सभी के लिए स्वच्छता जल की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है भारत में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सभी राज्यों और जिलों में आज यह दिन जन जागरूकता और प्रेरक गतिविधियों के साथ मनाया जा रहा है संक्षिप्त समाचार राज्यपाल आनदीबेन पटेल ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत कल होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं से मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है राज्य शासन ने विधानसभा चुनाव के तहत कल मतदान के दिन कारखानों संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों कर्मचारियों के लिए अवकाश घोषित किया है